मनसुख मांडविया ने कहा कि ये संशोधन केवल पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदु सिक्ख जैन बौद्व और इसाई धर्म के लोगों को नागरिकता देने के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी के अधिकार नहीं छीने जा रहे बल्कि अधिकार दिए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल माई जीओवी पोर्टल और मुख्यमंत्री ऐप्प का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पोर्टल शासकीय प्रणाली में जनता की भागीदारी सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा माईजीओवी पोर्टल प्रदेश के विकास के लिए तकनीक की मदद से सरकार और लोगों के बीच भागीदारी की नई पहल है

जयराम ठाकुर ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के लोग अपने विचारों सुझावों प्रतिकियाओं और शिकायतों को सरकार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार रचनात्मक आलोचनाओं पर विचार कर प्रदेश की बेहतरी के लिए सभी सुझावों का समन्वय करेगी इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे विधानसभा प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र कल शिमला में होगा

उन्होंने कहा कि विधानसभा का ये एक दिवसीय विशेष सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सहजल भाजपा युवा मोर्चा के सोलन मंडल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से आज सोलन में एक जागरूकता रैली निकाली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल की अध्यक्षता में निकाली गई रैली में शहर में सीएए को लेकर जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी दल इस कानून के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं जबकि सीएए से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज रूक रूक कर बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा का कम जारी है इससे समूचा प्रदेश जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में हिमपात से सड़क मार्ग अवरूद्ध हैं और पानी की पाईपें जमने व फिसलन भरे रास्ते होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं हालांकि किसान बागवान इस बर्फबारी से खुश हैं और गर्मियों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने पर अच्छी फसल की उम्मीद में हैं चंबा और किन्नौर जिलों की उंची चोटियों पर हिमपात से शीतलहर तेज हो गई है लाहौल स्पिति और किन्नौर जिलों में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है राजधानी शिमला सहित कृफरी व नारकंडा में भी हिमपात हुआ है जिससे उपरी शिमला के लिए बसों की आवाजाही प्रभावित हुई है बर्फबारी से बंद सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है राज्य के निचले मैदानी इलाकों में भी हल्की वर्षा का समाचार है

इस अवसर पर शिमला स्थित उनके सरकारी आवास ओकओवर में मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित अधिकारियों व कर्मचारियों और पार्टी नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी बाद में मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में मरीजों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की बाद में मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर लगाए गए रक्तदान शिवर का शुभारंभ भी किया इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा संकल्प द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया इक्डोल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल से अब साल में दो बार स्नात्तक स्नात्कोत्तर विभिन्न विषयों के डिप्लोमा पाठयकमो में प्रवेश लिया जा सकेगा इक्डोल के निदेशक कुलवंत सिंह पठानिया ने बताया कि यूजीसी के निर्देशों के अनुसार ये निर्णय लिया गया है

इसके बारे में अधिक जानकारी इक्डोल की वैबसाईट से ली जा सकती है

हालांकि भूकंप के इन झटकों से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है